सदन में आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा कार्यसूची के मुताबिक आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रहेगा इस दौरान विधायक राजेंद्र गर्ग अनिरूद्व सिंह राकेश सिंघा और सुंदर सिंह ठाकुर अपने अपने संकल्प प्रस्तुत करेंगे पीएम उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक देशभर में पांच करोड़ चौरासी लाख गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाते हैं श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी किए गए रसोई गैस कनेक्शनों के लिए सात हजार छह सौ अस्सी करोड़ रुपये पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को उपलब्ध कराये हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से सिरमौर जिला के सभी कार्यालयों शिक्षण संस्थानों ग्राम पंचायतों और सभी औद्योगिक इकाईयों के बाहर कार्यक्रम संबंधी बोर्ड स्थापित किए जाएंगे उपायुक्त ललित जैन ने कल नाहन में कार्यक्रम संबंधी गठित जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी मौसम जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर आज भी रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जबकि कुल्लू और चंबा जिले के ऊंचे इलाकों में बीती रात हिमपात हुआ कांगड़ा जिले में रात से हल्की बारिश का दौर जारी है उधर राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं मौसम में आए इस बदलाव से समुचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पर्वतीय इलाकों में कई स्थानों पर पारा शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र और बर्फबारी से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है नशाबंदी गोसंवर्द्वन जीएसटी और निवेशकों को लेकर विधेयक पेश पंजाब केसरी लिखता है तीसरे दिन भी विपक्ष का सदन में हंगामा नारेबाजी के बीच वॉकआऊट दैनिक जागरण का शीर्षक है नौतोड़ ने तोड़ा पक्ष विपक्ष का जोड़ दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नशा कारोबारियों को जमानत नहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव दैनिक भास्कर का शीर्षक है शराब के अलावा कोई भी नशा रखना अब गैर जमानती अपराध मौसम पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पहाड़ी क्षेत्रों ने ओढ़ी सफेद चादर कल्पा से ज्यादा कुफरी में बर्फ पंजाब केसरी लिखता है शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी घाटी में शीतलहर अमर उजाला के शब्द हैं शिमला डल्हौजी और चायल में पहली बर्फबारी पर्यटक चहके दैनिक जागरण का कहना है बर्फ से चेहरे तो खिले चाल भी थमी

आपका फैसला के मुताबिक बारिश बर्फबारी ने रोकी हिमाचल की रफतार दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है पर्यावरण मंत्रालय की सीयू देहरा कैंपस को हरी झंडी

अमर उजाला ने हाईकोर्ट के एक आदेश को सुर्खी दी है सेवानिवृत कर्मचारियों को संशाधित पेंशन दें वहीं पंजाब केसरी के शब्द हैं भविष्य निधि संगठन द्वारा पैंशन कम करने पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश एक नजर संपादकीय पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय नशे का दलदल में युवा पीढ़ी में नशे के बढ़ते प्रचलन को घातक बताते हुए इसके खात्मे के लिए जन आंदोलन की जरूरत बताई है